सुन्दरनगर विधानसभा क्षेत्र के डैहर में आज चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा की जीत को सामने देख कांग्रेस नेता राजनीतिक हताशा के चलते बेबुनियाद बयानबाजी कर रहे हैं जो सही नहीं है जयराम ठाक्र ने कहा कि लोकतंत्र में सभी को अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार है मगर इसमें सही भाषा का इस्तेमाल होना चाहिए मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीरभद्र सिंह पर पार्टी के कुछ नेता भ्रामक बयानबाजी करने के लिए दबाव डाल रहे हैं उन्होंने कहा कि दर्भाग्यपूर्ण है कि छोटे नेता एक अनुभवी राजनेता को सलाह देने का कार्य कर रहे हैं

मतदान के लिए अब दो सप्ताह से कम समय शेष बचा है ऐसे में चुनाव प्रचार अपने चरम पर पहुंचने लगा है इसी कड़ी में भाजपा व कांग्रेस के नेता अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में रैलियां व नुक्कड़ सभाएं आयोजित कर लोगों को रिझाने में जुटे हैं हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार अनुराग ठाकुर ने आज जसवां परागपुर क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया इस मौके पर उन्होंने कांग्रेस पार्टी द्वारा सत्ता में आने पर अफ़स्पा और देशद्रोह कानून को खत्म करने की घोषणा को देश विरोधी करार दिया है उन्होंने कहा कि इससे सेना और सीमा पर तैनात सैनिकों के सामने मुश्किल हालात पैदा होंगे पवन काजल कांगड़ा संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी पवन काजल ने भाजपा पर शाहपुर क्षेत्र की अनदेखी का आरोप लगाया है अपने चुनाव प्रचार के दौरान आज शाहपुर के छतड़ी में एक जनसभा में उन्होंने कहा कि भाजपा सांसद शांता कुमार ने क्षेत्र में कोई विकास कार्य नहीं करवाया जबकि कांग्रेस के कार्यकाल में यहां अनेक योजनाओं की शुरूआत हुई है पवन काजल ने भाजपा सरकार को अन्य पिछड़ा वर्ग विरोधी करार देते हुए कहा कि पिछले लम्बे समय से विभिन्न सरकारी विभागों में रिक्त पड़े ओबीसी के बैक लॉग को नहीं भरा जा रहा है इस दौरान उन्होंने क्षेत्र की विभिन्न पंचायतों का दौरा कर लोगों से चुनाव में समर्थन मांगा

कुल्लू जिला की मणिकर्ण घाटी के शाट गांव में एक चुनाव जनसभा में उन्होंने कहा कि विपक्ष बिखरा हुआ है और किसी भी पार्टी के पास नरेन्द्र मोदी के मुकाबले कोई भी सशक्त नेता नहीं है उन्होंने प्रदेश में गिरते राजनीति के स्तर पर चिंता जताते हुए सभी नेताओं को भाषा पर संयम बरतने की सलाह दी है शांता कुमार ने कहा कि भाजपा एक अनुशासनप्रिय पार्टी है और प्रचार में कांग्रेस से कहीं आगे है

उन्होंने बताया कि अधिकारियों को इन यूनिट को जोड़ने और संचालित करने का प्रशिक्षण दिया गया जिले में दो मतदान केन्द्र जिस्पा और क्यूलिंग पूरी तरह महिलाओं द्वारा संचालित किए जाएंगे उधर किन्नौर जिले में कल्पा के सहायक निर्वाचन अधिकारी सुरेन्द्र ठाक्र ने आज आदर्श मतदान केन्द्रों का निरीक्षण किया

स्वीप लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशतता बढ़ाने के लिए निर्वाचन विभाग द्वारा विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं

स्वीप टीम के सहयोग से आयोजित नाटी के माध्यम से महिलाओं ने हाथ में मतदाता फोटो पहचानपत्र लेकर आसारा वोट आसारा अधिकार के तहत लोगों को मतदान के महत्व के बारे में जागरूक किया लक्ष्मी नारायण देवता के सम्मान में आयोजित मेले की अध्यक्षता जिला निर्वाचन अधिकारी व उपायुक्त यूनुस ने की उन्होंने मजबूत लोकतंत्र के लिए चुनाव में हर नागरिक सेमतदान करने की अपील की यूनुस ने कहा कि महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के अलावा ऐसे आयोजन से जहां महिलाओं में सौहार्द व सदभाव मजबूत होता है वहीं उनके मनोबल को भी बढ़ावा मिलता है